बेरमो और दुमका विधानसभा सीटों में हुये उपचुनाव के लिए मतगणना कल सुबह आठ बजे से शुरू ले होगी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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से लोकल के लिए वोकल होने की अपील की

दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस बार दिवाली लोकल प्रोडक्ट से बनाएं हर तरह के लोकल प्रोडक्ट को हर देशवासी प्रमोट करें ताकी दूसरों की दिवाली भी रोशन हो सके

उन्होंने लोकल टेक्स्टाइल और हैंडक्राफ्ट के व्यापार को समर्थन दिखाने के लिए आज लोगों से उपहार में देने के लिए मिट्टी का दीया हो अन्य देसी उत्पाद होम फर्निशिंग जैसे बेड शीट पर्दे या दस्तकारी का सामानों को खरीदनें के लिए आगे आने को कहा है क्योंकि दिवाली की हर खरीदारी मायने रखती है बुनकरों कारीगरों स्थानीय और छोटे व्यवसायों के माध्यम से दीवाली की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए हैश टैग लोकल फॉर दीवाली का उपयोग करते हुए टिवटर फेसबुक और इंटाग्राम पर अपना समर्थन दिखाए साथ ही अपने पसंदीदा वस्तु की एक तस्वीर ले कर चाहे वह केपड़े हो या एक हैंडक्राफ्ट उत्पाद है जिसे आप दिवाली के लिए घर पर उपहार के रूप में उपयोग करना चाहते हैं उस व्यक्ति को टैग करें जिसे आप इसे खरीदते हैं

वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें रिपोर्ट सौंपी यह रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों स्थानीय प्रशासन पिछले वित्त आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों वित्त आयोग की सलाहकार परिषद और विशेषज्ञों तथा जानी मानी शैक्षिक संस्थाओं और बहुपक्षीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है वित्त आयोग रिपोर्ट की एक प्रति प्रधानमंत्री को भी सौंपेगा केंद्रीय वित्त मंत्री वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेंगी केंद्र सरकार ने नगर वन योजना से शहरी क्षेत्रों में जंगल विकसित करने की पहल शुरू की है इसके तहत राज्य के छह शहरों रांची धनबाद जमशेदपुर बोकारो गिरिडीह और हजारीबाग में भी जंगल विकसित किए जाएंगे इसके लिए केंद्रीय वन मंत्रालय ने राज्यों से प्रस्ताव मांगा है इसके बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बैठक कर इन शहरों में नगर वन योजना के तहत जंगल विकसित करने के लिए डीपीआर और स्थल चयन का निर्देश दिया है

एफडीए के अधिकारी डीके तेवतिया ने बताया कि शहरों को हरा भरा करने वाले ये जंगल शहर में मौजूद वन क्षेत्र या खाली जगहों पर उगाए जाएंगे झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज बीस प्रस्तावों को स्वीकृत कर लिया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजेन्द्र आर्युविज्ञान संस्थान रिम्स में एमबीबीएस की सीटों को एक सौ पचास से बढ़ाकर दो र्सो पचास किये जाने के मामले में राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ एमओयू करेगी इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है कैबिनेट ने धान अधिप्राप्ति के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय कर दिया है जिसके तहत अब धान के लिए किसानों को प्रति क्विंटल दो हजार सत्तर रूपये भुगतान किये जायेंगे

कोविड से स्वस्थ होने की दर चौरानबे दशमलव आठ छह प्रतिशत हो गई है अबतक निन्यानबे हजार से अधिक मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है वर्तमान में कुल संक्रमित लोगों में से केवल चार हजार चार सौ इकहत्तर लोग चिकित्सा निगरानी में हैं

राज्य में अच्छी खबर यह है कि कोरोना से कल एक भी मौत नहीं हुई है

राज्य में अब तक आठ सौ संतानबे लोगों की मौत कोरोना से हुई है

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स में सहायक प्रोफेसर डॉ नीरज निश्चल चर्चा में भाग लेंगे

जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश सिंह और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने कृषि बाजार समिति परिसर स्थित मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया

कुषि बाजार समिति के परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं

वहीं द्मका विधानसभा क्षेत्र के लिए हये उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती कल सुबह आठ बजे से द्मका इंजिनियरिंग कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र में होगी वोटों की गिनती के लिए तीन मतगणना कक्ष बनाये गये हैं और प्रत्येक मे सात सात टेबल लगाये गये हैं

जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि खूंटी जिले में कृषि के विकास के लिए जितनी राशि की आवश्यकता होगी भारत सरकार की ओर से दी जाएगी राज्य सरकार से भी बातचीत कर किसानों के बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे श्री मुंडा ने यह बातें आज खूंटी नगर भवन में आयोजित कृषक गोष्ठी में किसानों से सीधी वार्ता के दौरान कही

पाकुड़ जिले के अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र लिट्टीपाड़ा प्रखंड में एंटी हयुमन टैफिकिंग युनिट अहतु का आज उद्घाटन किया गया पुलिस उपमहानिरीक्षक सुदर्शन मंडल ने बताया कि एंटी हयुमन टेफिकिंग यूनिट से मानव व्यापार पर पूरी तरह रोक लग पाएगा और मानव व्यापार में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी मौके पर एसपी मणिलाल मंडल के अलावे दर्जनो जिले के पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने आज गोइलकेरा थाना क्षेत्र से के सांगाजाटा जंगल से दो नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों के खिलाफ बारूदी सुरंग बिछाने समेत कई नक्सली गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप था

संक्षिप्त खबरें पलामू के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में आज समाहारणालय सभागार में आज राजस्व संग्रहण संबंधित बैठक हुई बैठक में उपायुक्त ने राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया

लोहरदगा जिला स्थित कृषि तकनीक सूचना केंद्र में किसानों के बीच गेहूं और पंपसेट का वितरण किया गया कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के आरागारो में आज अज्ञात अपराधियों ने बैंककर्मी से अस्सी हजार रूपये और एक महिला से दस हजार रूपये लूट लिये झारखंड अर्बन इंफ़ास्ट्रक्चर डेवलेपमंट कंपनी जुडको की ओर से रांची में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया